प्रदेश सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों सहित दैनिक कामगारों को एक हजार रूपये का भरण पोषण भत्ता देने की घोषणा की राशन कार्ड धारकों को तीन माह तक दिया जायेगा निःशुल्क राशन मुख्यमंत्री ने ब्लैक फगस की बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिये निर्देश प्रदेश में कोविड के मामलों में गिरावट जारी पिछले चौबीस घंटों में बारह हजार पांच सौ सैंतालीस नये मामले सामने आये अट्ठाईस हजार चार सौ लोग हुए स्वस्थ कोरोना संक्रमण में बढोतरी जारी है

तीन आसान उपायों का पालन करें और स्रक्षित रहें मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल वर्यअल माध्यम से आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया यह कर्फ्यू सत्रह मई को सुबह सात बजे समाप्त होना था मुख्यमंत्री ने कहा कि आशिक कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से प्रदेश में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी सहायता मिली है

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में दैनिक कामगारों को एक हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है इसके अन्तर्गत रेहड़ी पटरी वालों रिक्शा व ई रिक्शा चालकों दिहाड़ी मजदूरों नाविकों नाई धोबी मोची हलवाई जैसे परम्परागत कामगारों को एक माह के लिये यह भारण पोषण भत्ता दिया जाएगा मंत्रिमण्डल ने अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को तीन माह तक प्रति यूनिट तीन किलो गेहूँ और दो किलो चावल निशुल्क उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है इस तरह प्रति यूनिट पांच किलो निशुल्क खाद्यान्न जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा इससे प्रदेश के लगभग पन्द्रह करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा को छोड़कर अन्य समी स्तर के शिक्षण संस्थाओं में बीस मई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के भी निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिये कृत संकल्पित है प्रदेश में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये दो योजनाए संचालित की जा रहीं हैं इसके अन्तर्गत दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यागंता हो जाने पर दो लाख रूपये का सुरक्षा बीमा कवर और पांच लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है मुख्यमंत्री ने आशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में जरूरतमंदों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित किये जाने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी सामने आने पर इसके उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग इस बीमारी पर नियंत्रण के लिये सभी आवश्यक दवाओं का प्रबंध करें मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में भी चिकित्सकों को इस सम्बन्ध में समुचित प्रशिक्षण दिया जाए इस बीच प्रदेश सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिये चिकित्सकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया शुरू की है इस सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं प्रदेश में कल से पांच और जनपदों में अट्ठारह से चौवालीस वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जायेगा इस समय अधिक संक्रमण वाले अट्ठारह जनपदों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है जिन जिलों में टीकाकरण शुरू होगा उनमें आजमगढ़ गोण्डा बस्ती मिर्जापुर और बांदा शामिल हैं अपर मुख्य सचिव सुचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में टीकाकरण का कार्य लगातार चल रहा है अब तक प्रदेश में एक करोड़ सैंतालीस लाख टीके लगाये जा चुके हैं इनमें से एक करोड़ सोलह लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और इकतीस लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल की प्रेरणा से फिनोलेक्स इण्टस्ट्रीज लिमिटेड एवं माधव फाउण्डेशन ने लखनऊ के प्रमुख सरकारी अस्पतालों की सहायता के लिए पन्द्रह ऑक्सीजन कसेनट्रेटर और बारह वेंटीलेटर राजभवन में उपलब्ध कराये हैं माधव फाण्डेशन के प्रतिनिधि ने कल लखनऊ में बताया कि इन मेडिकल उपकरणों के अतिरिक्त मास्क दस्ताने पीपीई सुट थर्मोस्नेकर ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसेनट्रेटर भी दान किया जा रहा है उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा सिद्दार्थनगर और गोरखपुर जिलों में भी अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों की आवश्यकता को पूरा किया गया है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है पिछले चौबीस घंटों में राज्य में बारह हजार पांच सौ सैंतालीस नये मामने सामने आये हैं जबकि इस दौरान अट्ठाईस हजार चार सौ चार लोग ठीक हुए हैं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घट कर एक लाख सतहत्तर हजार छः सौ तैंतालीस हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश में महामारी से दो सौ इक्यासी लोगों की मृत्यु हुयी है अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल बताया कि प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सत्तासी दशमलव नौ प्रतिशत हो गयी है उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है कल एक दिन में दो लाख छप्पन हजार सात सौ पचपन नमूनों की जांच की गयी प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल बताया कि बीते चौबीस घंटे में एक हजार दस मीट्रिक टन से अधिक आक्सीजन की आपूर्ति की गयी सेल्फ प्रोडक्शन के तहत एयर सेपरेटर्स यूनिट के माध्यम से चौसठ दशमलव तीन शून्य मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति भी हुई उन्होंने बताया कि गत चौबीस घटे में होम आइसोलेशन के तीन हजार नौ सौ मरीजों को उन्तीस मीट्रिक टन से अधिक अँक्सीजन की आपूर्ति सिलेण्डरों के माध्यम से की गयी श्री अवस्थी ने बताया कि पहली बार लिण्डे कम्पनी द्वारा ट्रेन के माध्यम से गोरखप्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति की गयी उन्होंने बताया कि गृह विभाग में बने विशेष कन्ट्रोल रूम से लगातार चौबीस घंटे ऑक्सीजन आपूर्ति की निगरानी की जा रही है कोविड मरीजों के लिए बनाई गई दवा टू डीओक्सी डी ग्लूकोज की पहली खेप अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है इस दवा को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है और भारत के औषध महानियंत्रक ने हाल ही में इसके आपात इस्तेमाल की अनुमति दी है यह दवा पाउडर के रूप में छोटे छोटे पैकेट में उपलब्ध होगी जिसे पानी में मिलाकर लिया जा सकेगा

जिलाधिकारी ने बताया कि यदि किसी मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता हो तो वह रायफल क्लब से डाक्टर का मूल पर्चा और आधार कार्ड दिखाकर प्रति मरीज तीन डोज खरीद सकता है जिसकी कीमत अठगरह सौ रूपये प्रति इंजेक्शन निर्वारित की गयी है उन्होंने बताया कि रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से यह इंजेक्शन रायफल क्लब में प्रतिदिन मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है